कुमाऊं मंडल में परंपरागत ढंग से मनायी गई होली नगर और गांवों में छलड़ी होल्यारों ने घर घर जाकर सबको शुभकामनाएं दी आगामी आम चुनाव के लिए सोशल मीडिया ने स्वैच्छिक आचार संहिता लागू की

लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने बूथ लेवल से लेकर मुख्यालय स्तर तक रणनीति तैयार की कांग्रेस का तंज कमजोरों को पड़ती है लंबी तैयारी की जरूरत

प्रदेशभर में भी होली परम्रागत ढंग से हर्षोल्लास के साथ मनाई गई गांवों की पगडंडियों से लेकर शहर की गलियों तक खूब गुलाल और अबीर उड़ा लोग होली के रंगों से सराबोर नजर आए ढोल दमाऊं ढपली और हड़का की थाप पर लोग नाचते गाते एक दूसरे को रंग लगाते और होली की शुभकामनाएं देते नजर आये देहरादून में बुधवार रात को बारिश हई लेकिन सुबह मौसम ने करवट बदली और धूप खिली रही इससे होल्यारों विशेषकर बच्चों में ख्शी की लेहर रही घरों और गलियों में बच्चे एक दूसरे पर रंग लगाते रहे और पिचकारी से रंग बिरंगा पानी एक दूसरे पर मारते रहे वहीं मोहल्लों में कई स्थानों पर लोग ढोल दमाऊं और हुडका के साथ नाचते गाते रहे दोपहर तक दून की फिजा रंगों से सराबोर रही कई मोहल्लों में गढ़वाली खड़ी होली और कुमाऊं की बैठकी होली भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही

इस दौरान बच्चों युवाओं महिलाओं और बुजुर्गो में खासा उत्साह देखने को मिला धूप और छांव की आंख मिचौली के बीच लोगों ने पूरे उत्साह के साथ होली खेली और गढ़वाली गीतों पर झूमे कोटद्वार में भी होली का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया गया होली के मौके इस बार पुलिस प्रशासन के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान शान्ति व्यवस्था के लिए तैनात थे

बागेश्वर जिले में आज मस्ती भरी बैठकी और खड़ी होली के गीतों के गायन की धूम मची रही छलड़ी में होल्यारों ने नगर समेत गांवों में होली गायन की शुरूआत की होल्यारों ने ढोल नगाड़ों मंजीरों और झांजर की थाप पर घर घर जाकर सबको होली की शुभकामनाएं दी लोगों ने घरों और सार्वजनिक स्थानों पर होली गायन किया लोगों ने अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे के गले मिल होली की शुभकामनाएं दी बंसत ऋतु के बाद होली का आगमन हो जाता है बुजुर्ग होल्यार बताते हैं कि सदियों से चली आ रही होली का सभी को इंतजार रहता है होली के समापन के बाद मिठाई व गुड़ वितरित किया गया शाम को देव मंदिरों में भंडारों का आयोजन किया गया अल्मोड़ा जिले में मन्दिरों में भी होली गायन किया गया उधर अल्मोड़ा में होली हर्षोल्लास और पारम्परिक तरीके से मनाई गई

फेसब्रक व्हाट्सअप ट्वीटर और गूगल सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आईएएमएआई द्वारा कल निर्वाचन आयोग को सौंपी गई आचार संहिता के अंतर्गत एक उच्चस्तरीय रिपोर्टिंग व्यवस्था लागू की जाएगी इसके तहत चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में जल्द और कड़ी कार्रवाई के लिए एक समर्पित तंत्र की स्थापना की जाएगी

इस व्यवस्था में राजनीतिक दलों के विज्ञापनों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने का भी प्रावधान है तुरंत प्रभाव से लागू इस आचार संहिता का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को बनाए रखना है कल नई दिल्ली में सोशल मीडिया संबंधित इस आचार संहिता को मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा को सौंपा गया स्लग भाजपा कांग्रेस प्रदेश की पांचों लोकसभा सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए भाजपा ने बूथ लेवल से लेकर मुख्यालय स्तर तक खास रणनीति तैयार की है भाजपा के सोशल मीडिया प्रभारी अजेंद्र अजय के नेतृत्व में आईटी की टीम पूरे प्रदेश से लेकर बूथ लेवल तक काम कर रही है

उधर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सालभर या छह महीनों से तैयारी की जरूरत उसे पड़ती है जो कमजोर हो उन्होंने कहा कि ्कांग्रेस कार्यकर्ता जोश और उत्साह से लबरेज हैं और कोई कितने भी दावे करता रहे जनता कांग्रेस पर ही विश्वास जतायेगी

इस गाने को उन्होंने खुद लिखा है कम्पोज किया है और गाया है इस गीत के जरिए उन्होंने लोगों को योट से बनने वाली सरकार के फायदे बताकर लोकतांत्रिक उत्सव में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने के लिए प्रेरित किया है साथ ही युवा वोटरों को भी मतदान का महत्व बताया है